कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पी पी ए के अध्यक्ष कामेंग रिंगु ने कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि दोनों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस से पी पी ए समान रुप से दूरी बनाए रखेगी उन्होंने स्वच्छ छवि के लोगों से राज्य से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेकने के लिए पी पी ए में शामिल होकर चुनाव लड़ने की अपील की श्री रिंगु ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य की समस्याओं का समाधान क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है अरुणाचल प्रदेश के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांकी दारांग ने मतदाताओं से शिकायत दर्ज कराने और मतदान सूची में नाम देखने के लिए टोल फ्री नंबर एक नौ पांच शुन्य पर डायल करने की अपील की है उन्होंने लोगों से ग्रगल ऐप प्लेटफॉम से सी विजिल ऐप डाऊनलोड करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने के लिए अधिकतम दो मिनट की वीडियो आपलोड करने का सुझाव दिया है उन्होंने बताया कि सी विजिल ऐप पर दर्ज शिकायत की सौ मिनट के अंदर जांच पूरी कर ली जायेगी अरुणाचल वेस्ट संसदीय सीट से लगातार दो बार के सांसद निनोंग इरिंग ने इस बार लोक सभा चुनाव के बजाए पासीघाट वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है आकाशवाणी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस हाई कमान से मिलकर अपने मन की बात बता दी है श्री निनोंग इरिंग ने बताया कि राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक कार्य करने के बाद अब वे प्रदेश के विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पूरस्कार प्रदान किए छत्तीसगढ़ कि लोक गायिका तीजन बाई को पदम विभूषण और वैज्ञानिक नंबी नारायण को पदम भूषण से अलंकृत किया गया अभिनेता मनोज वाजपेयीपर्वतारोही बछेंद्री पाल क्रिकेट खिलाड़ी गौतम गंभीर बास्केट बॉल खिलाड़ी प्रशांति सिंह और फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री पद्म श्री से अलंकृत होने वालों में शामिल है इस वर्ष एक सौ बारह व्यक्तियों को पदम प्रस्कारों के लिए चुना गया था और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उनके नामों की घोषणा की गयी थी इससे पहले राष्ट्रपति ने इस महीने की यारह तारीख को एक पद्म विभूषण आठ पद्म भूषण और छियालीस पद्मश्री प्रदान किए थे कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अट्ठारह उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है नई दिल्ली में कल पार्टी की केंद्रीय च्रनाव समिति की बैठक के बाद यह सूची जारी की गई इस सूची में कांग्रेस ने असम से पांच मेघालय से दो उत्तर प्रदेश सिक्किम और नागालैंड से एक एक तथा तेलंगाना से आठ उम्मीदवारों की घोषणा की है पार्टी ने मेघालय में तूरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मूकुल संगमा को उम्मीदवार बनाया है अखिल भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव को सिल्वर जबकि गौरव गोगोई को कलियाबर लोकसभा सीट से टिकट दी गई है पूर्व केंद्रीय मंत्रियों विसेट एच पाला को शिलांग और पबन सिंह घटोवार को असम के डिब्रगढ़ से उम्मीदवार बनाया गया है पार्टी ने असम में करीमगंज आरक्षित सीट से स्वरुप दास और जोरहाट से सुशांत बोरगोहाई को नागालैंड से के एल चिस्ती और सिक्किम से भारत बास्रेट को टिकट दिया है वेस्ट सियांग जिला निर्वाचन अधिकारी स्वेतिका सचान ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए विभिन्न राजनैतिक दलों चुनाव खर्च लेखा अधिकारी और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े नोडल अधिकारियों के साथ कल बैठक की जिला उपायुक्त सभागार में इस बैठक के दौरान उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का अधिकारियों को निर्देश दिया जिला निर्वाचन अधिकारी सभी प्रतिनिधियों से चुनाव रैली करने से पहले अनुमति लेने और मतदान से जुड़े दस्तावेजों को सील करते समय उपस्थित रहने को कहा प्ररी द्रनिया के देशों ने वर्ष दो हजार तीस तक प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है केन्या के नौरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सम्मेलन के अंतिम दिन सदस्य देशों ने प्लास्टिक की वस्तुओं का इस्तेमाल रोकने का संकल्प लिया इस कदम से प्रत्येक वर्ष समुद्र में अस्सी लाख़ टन से अधिक प्लास्टिक कचरा जमा होने पर अंकुश लग सकेगा